रक्षा मंत्री ने कांग्रेस पर राष्ट्रीय सुरक्षा को अनदेखा करने का आरोप लगाते हये कहा कि उसके नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार दस वर्ष में इस विमान की खरीद समझौते की प्रक्रिया पूरी नहीं कर सकी

इससे पहले लोकसभा में विपक्ष ने राफेल लड़ाकू विमान खरीद मामले में लगे आरोपों पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बयान तथा इस मुद्दे पर संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी के गठन की मांग की केंद्र सरकार ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय का उसका प्रयोग सफल रहा है वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज लोकसभा में एक पूरक प्रश्न के जवाब में आश्वासन दिया कि इस प्रक्रिया में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इसके कारण किसी भी पक्ष को कोई नुकसान नहीं होने दिया जाए

इस स्थिति के कारण ये बैंक प्रतिस्पर्धा में खड़े नहीं हो पा रहे हैं और अपनी स्थिति में सुधार के लिए किसी तरह के कदम उठाना उनके लिए संभव नहीं था इसीलिए कमजोर बैंकों का मजबूत बैंकों में विलय का निर्णय लिया गया

श्री गर्ग ने ट्वीट किया कि नोटों की छपाई जरूरत के मुताबिक की जाती है

प्रधानमंत्री ने आज असम में भी कई योजनाओं की आधारशिला रखी और जनसभा को संबोधित किया

चार हजार से अधिक शहरों में चालीस करोड़ लोग इस सर्वेक्षण के दायरे में होंगे

सर्वेक्षण के अंतर्गत लोगों की भागीदारी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है

हमारे संवाददाता ने बताया कि नागौर शहर खुले में शौच से मुक्त ओडीएफ घोषित किया जा चुका है

श्री रावत ने आज जयपुर मे एक समाचार पत्र की ओर से आयोजित झाबरमल्ल शर्मा स्मृति व्याख्यानमाला को संबोधित करते हुये कहा कि भारत में ऐसी घटनाएं नहीं हो इसके लिए जागरूकता जरूरी है ऐसी संस्थाएं और लोग होने चाहिए जो बारीकी से घटनाओं पर नजर रख सकें ओ पी रावत ने ईवीएम मशीन को सबसे सुरक्षित और विश्वसनीय बताते हुये कहा कि इसकी वजह से ब्रथ लूटने और मतपत्र लेकर भागने की घटनाए रूकी है उन्होंने कहा कि विदेशों में ईवीएम को इंटरनेट और वाईफाई से जोड़ने के कारण उनमें गड़बड़ी हो सकती है लेकिन यहां ऐसी कोई तकनीक से संबंध नहीं होने के कारण गड़बड़ी नहीं हो सकती डाटा चोरी कर चुनाव में दूसरे देश के हस्तक्षेप करने की घटना का जिक्र करते हुये उन्होंने कहा कि यह चिंता का विषय है तथा मीडिया को इस बारे में जागरूक रहना होगा

चिकित्सा मंत्री रघ् शर्मा ने कहा है कि स्वाइन फ्लू या अन्य मौसमी बीमारियों से निपटने के लिए चिकित्सा विभाग ने व्यापक प्रबंध किए हैं पत्रकारों से बात करते हुए श्री शर्मा ने कहा कि स्वाइनफ्लू से घबराने की आवश्यकता नहीं है यदि इस बीमारी के लक्षण दिखाई दें तो तुरंत डॉक्टर की राय लें

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में उपमुख्यमंत्री संचिव पायलट तथा मंत्रीपरिषद के कई सदस्यों ने भाग लिया मुख्यमंत्री ने बताया कि श्री गांधी किसानों की समस्याओं को लेकर संघर्ष कर रहे है तथा कांग्रेस शासित तीन राज्यों में किसानों का कर्जा भी माफ किया गया है उन्होने बताया कि जयपुर में आयोजित किसान रैली में श्री गांधी किसानों के मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त करेगें

उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने आज बीकानेर के सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में यह जानकारी दी उन्होंने कहा कि राज्य के युवाओं को गुणवत्तायुक्त और कौशलपरक शिक्षा देने के लिए राज्य सरकार प्राथमिकता से काम करेगी विद्यार्थियों के लिए रोजगारोन्मुखी कोर्स शुरू किए जाएंगे श्री भाटी ने कहा कि अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय और हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय को दुबारा शुरू करने के प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत किए जा रहे हैं बीकानेर जिले में कल से वन विभाग प्रवासी पक्षियों की गणना करेगा

उन्होंने विभिन्न योजनाओं के तहत किये गये कार्यों की जानकारी ली

ज्यादातर इलाको में तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की गई है कोहरे के कारण सुबह के समय प्रदेश के विभिन्न जिलों में सड़क और रेल यातायात भी प्रभावित हुआ है